छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहजन समाज पार्टी ने किया गठबंधन प्रदेश की नब्बे में से पचपन सीटों पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और पैंतीस सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी शब्दभेदी बाण चलाने के महारथी धनुर्धर और नृत्य कलाकार कोदूराम वर्मा को गृहग्राम भिंभौरी में उनके नृत्य दल द्वारा करमा नृत्य के साथ दी गई अंतिम विदाई कांकेर में एक महिला सहित दो इनामी माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण दंतेवाड़ा जिले में एक जनमिलिशिया सदस्य गिरफ्तार अटल विकास यात्रा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को वर्ष दो हजार पच्चीस तक स्मार्ट आधुनिक और विकसित राज्य बनाना हम सबका लक्ष्य है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वनवासियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए बीस हजार रूपये तक के जुर्माने वाले वन अपराधों के करीब बीस हजार प्रकरणों को वापस लेने का फैसला किया है आज प्रदेशव्यापी अटल विकास यात्रा के तहत सरगुजा जिले के सीतापुर में आमसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वनवासियों के खिलाफ दर्ज किए गए बहुत से प्रकरण आपराधिक प्रकृति के नहीं है इसलिए व्यापक हित में यह फैसला लिया गया है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने करीब चार सौ पचपन करोड़ रूपए के पंद्रह विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया डॉक्टर सिंह ने जिले के काराबेल बतौली गांव में लगभग तेरह करोड़ रूपए की लागत से निर्मित एक सौ बत्तीस किलोवाट क्षमता के बिजली उपकेन्द्र का लोकार्पण किया इस केन्द्र के शुरू होने से क्षेत्र के दो सौ तेरह गांवों में कम वोल्टेज की समस्या दूर हो जाएगी वहीं जशपुर में आयोजित आमसभा में मुख्यमंत्री ने लगभग बयानवे करोड़ रूपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया जकांछ बसपा गठबंधन छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगी आज लखनऊ में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रमुख और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने बसपा प्रमुख मायावती के साथ एक संयुक्त पत्रकारवार्ता में यह जानकारी दी श्री जोगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नब्बे में से पचपन विधानसभा सीटों पर उनकी पार्टी अपने उम्मीदवारा खड़ा करेगी वहीं बसपा के पैंतीस उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेंगे विधानसभा निर्वाचन बैठक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने के तत्काल बाद विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध रूप से परिवहन की जाने वाली राशि और सम्पत्ति को जब्त करने की कार्रवाई तेज कर दी जाएगी इसके लिए आयकर विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं श्री साहू ने कल रायपुर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक ली बैठक में चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती संबंधी व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया गया

एक से तीन वर्ष की लघ् बचत जमा पर तीस आधार अंक तक की वृद्धि की गई है पांच वर्ष की लघ् बचत जमा पर ब्याज दर में चालीस आधार अंक तक की वृद्वि की गई है पांच वर्ष के नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट और पब्लिक प्रॉविडेंट फंड योजना पर ब्याज की दर मौजूदा सात दशमलव छह प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत कर दी गई है किसान विकास पत्र पर अब सालाना सात दशमलव सात प्रतिशत और सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर साढ़े आठ प्रतिशत ब्याज मिलेगा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के दायरे में आने वाले बीमित व्यक्तियों के लिए एक नई योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को मंजूरी दे दी है केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई ईएसआईसी बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया उन्होंने बताया कि जो कर्मचारी किसी कारणवश नौकरी से अलग हो जाते हैं उनको अगले तीन महीने तक मंत्रालय द्वारा आर्थिक सहयोग दिया जाएगा कांग्रेस लाठीचार्ज कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर किए गए कथित लाठीचार्ज के मामले में बिलासपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चंद्राकर को वहां से हटाकर पुलिस मुख्यालय में पदस्थ कर दिया गया है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने यह जानकारी आज बिलासपुर में एक पत्रकारवार्ता में दी इस मामले में राज्य सरकार ने दंडाधिकारी जांच के लिए कल ही अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भगवान सिंह उइके को जांच अधिकारी नियुक्त किया है गौरतलब है कि बीते अट्ठारह सितंबर को बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान द्वारा नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल के घर पर कथित रूप से कचरा फेंका था इसके बाद पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया जिसमें जिला कांग्रेस के पदाधिकारी अटल श्रीवास्तव सहित कई अन्य कार्यकर्ता घायल हो गए थे

छियानवे वर्षीय कोद्राम वर्मा के ज्येष्ठ पृत्र सालिक राम ने उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी गौरतलब है कि अट्ठारह सितम्बर को कोदूराम वर्मा का निधन हो गया था कोदूराम वर्मा की अंतिम इच्छा के अनुसार उनके अंतिम संस्कार से पहले करमा नृत्य दल के सदस्यों ने पारंपरिक गीत और नृत्य प्रस्तुत किए

इससे पहले दिवंगत कोद्राम वर्मा के अंतिम संस्कार से पहले बड़ी संख्या में लोगों ने भिंभौरी पहुंचकर उन्हें अपने श्रद्दासुमन अर्पित किए इनमें राजनीति समाजसेवा खेल लोककला सहित विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोग शामिल थे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्राचीन धनुर्विद्या के साधक कोद्राम वर्मा के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोद्राम वर्मा ने आध्निक युग में विलृप्त हो रही शब्दभेदी बाण कला की जीवनभर साधना की उन्होंने इस कला को लोकप्रिय बनाने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने को लिए अनेक युवाओं को भी यह धनुर्विद्या सिखाई मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी यह कला कोद्राम वर्मा को लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रखेगी माओवादी समर्पण गिरफ्तार कांकेर जिला मुख्यालय में आज एक महिला सहित दो इनामी माओवादियों ने बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है मिली जानकारी के अनुसार इनमें से एक माओवादी पर पांच लाख रूपये का इनाम घोषित था यह माओवादी सीतापुर इलाके का कमांडर था वहीं महिला माओवादी पर एक लाख रूपये का इनाम घोषित किया गया था पुलिस महानिरीक्षक ने इन दोनों माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत दस दस हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की वहीं दंतेवाड़ा जिले के बारसूर इलाके से पुलिस ने एक जनमिलिशिया सदस्य को गिरफ्तार किया है पुलिस ने इस माओवादी के पास से र्डेटोनेटर और वायर के अलावा इकतीस हजार रूपये नगद भी बरामद किए हैं तबादला प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के कुछ अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है जारी आदेश के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त सह संचालक आर प्रसन्ना को राष्ट्रीय और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक सर्वेश ध्रे को स्वास्थ्य विभाग के संचालक की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है इसके साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रभारी संचालक आरआर साहिनी को छत्तीसगढ़ एड्स नियंत्रण समिति का प्रभारी संचालक बनाया गया है इधर दूर्ग के नगर पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल को राजभवन भेजा गया है उन्हें राज्यपाल का परिसहाय बनाया गया है गरियाबंद के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह को बिलासपुर में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का उप सेनानी बनाया गया है वहीं परीवीक्षा अधिकारी त्रिलोक बंसल को दूर्ग में नगर पुलिस अधीक्षक का दायित्व सौंपा गया है

दंतेवाड़ा जिले के बचेली में आदिवासी महासभा के बैनर तले आज स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी की भर्तियों में स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया बीजापुर जिले की पंचायत अध्यक्ष जमुना सकनी को भारतीय जनता पार्टी ने छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है महासमुंद में पुलिस ने एक वाहन से पचास किलो गांजा बरामद किया है पुलिस के मुताबिक एक महिला और एक नाबालिग लड़की इस गांजे को ओडिशा से मध्यप्रदेश लेकर जा रहे थे बीजापुर जिले के रालापल्ली जंगल से पुलिस ने सागौन लकड़ी से भरे तीन ट्रैक्टर को जब्त किया है